श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा आयोजित पहले अटल बिहारी वाजर्पेयी स्मृति व्याख्यान में श्री नायडू ने कहा स्वर्गीय वाजपेयी देष में संपर्क कांति के प्रणेता थे आम चुनावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के उत्सव में मीडिया को फेक न्यूज और पैड न्यूज से बचना चाहिए उन्होंने फर्जी खबरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों का जिक किया और कहा कि चुनाव में मीडिया की अहम भूमिका है क्योंकि इस समय लोगों के फर्जी खबरों का प्रचार करने की आशंका बढ जाती है कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि मीडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो पारदर्शी और निष्पक्ष हो

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चौकीदार शब्द देशभक्ति और ईमानदारी से काम करने वालों का पर्याय बन गया है उन्होंने कहा कि चौकीदारों की हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका है

भाजपा की केन्द्रीय चुनाव समिति की कल भी बैठक हुई थी आज भाजपा सीईसी की यह तीसरी बैठक होने जा रही है इन बैठकों में भाजपा ने सात पूर्वात्तर राज्यों बिहार महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं सूत्रों ने बताया कि पार्टी आज शाम अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी पहली सूची में पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं

दोनों पार्टियों के बीच हुए तालमेल के मुताबिक जम्मू और उधमपुर सीट पर कांग्रेस लड़ेगी तो श्रीनगर सीट पर नेशनल कांफ़ेस लड़ेगी नेशनल कांफ़ेस के नेता फारूक अब्द्ल्ला ने कहा कि इन तीन सीटों के अलावा दोनों पार्टियां अनंतनाग और बारामूला में दोस्ताना मुकाबला करेगी तथा लद्दाख सीट को लेकर बातचीत चल रही है श्री अब्दुल्ला ने कहा कि देश को धर्मनिरपेक्ष रखने के मकसद से दोनों पार्टियां साथ आई है कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब देश धर्मनिरपेक्ष और एकजुट रहेगा तभी पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर सकता है

आज जोधप्र में आयोजित हए होली मिलन समारोह को संबोधित करते हए श्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेष में अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है

समाचार एजेंसी भाषा को दिए एक साक्षात्कार में गहलोत ने कहा कि क्षेत्रीय दलों की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं जिसके कारण चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं कर पा रही हैं लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव बाद इन सभी पार्टियों का कांग्रेस के साथ गठबंध होगा

शहर में एक लोक कलाकार द्वारा दुपहिया वाहन पर तैयार विशेष स्वांग मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करेगा वाहन द्वारा अगले दो दिनों तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लोकसभा चुनावों में मतदान की अपील की जाएगी

उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि स्वास्थ्य के लिए घातक केमिकल ग्रेड के हाइड्रोजन परॉक्साइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को मावा सफेद करने के काम में लिया जा रहा था

विभाग की इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही नकली मावा बनाने वाले कई व्यापारी अपनी यूनिटस बंद कर भाग खड़े हुए नागौर में त्यौहारों के दौरान मिलावट रोकने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नागौर शहर के दो मावा भंडारों के यहां मावा की जांच की तथा मिठाइयों की द्वकानों पर भी मिठाइयों नमकीन और खाद्य तेलों के नमूने भी लिए हैं प्रदेशभर में आज से होली के दो दिवसीय पर्व की शुरूआत हो गई है आज पहले दिन प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन किया जा रहा है पर्व को लेकर प्रदेशवासियों में हर बार की तरह विशेष उत्साह देखा जा रहा है बच्चों में इस त्योहार को लेकर ज्यादा उल्लास है बाजारों में रंगों और गुलाल के साथ साथ आकर्षक पिचकारियों से द्वकाने सजी हुई है इस बीच जिलों से हमारे संवाददाताओं ने होली पर विर्शेष आयोजन के समाचार भेजे हैं बीकानेर में जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने निराश्रित बालिकाओं के साथ होली का त्यौहार मनाया

जिलेभर में चंग की थाप पर फागुनी होली गीतों की गुंज सुनाई दे रही है वहीं दस दिन तक चलने वाले डांडिया नृत्यों की शुरूआत हो चुकी है नागौर के विभिन्न स्थानों पर शीतलाष्टमी तक यह डांडिया नृत्य होंगे मंदिरों में भी फागोत्सव मनाया जा रहा है नागौर जिले के इनाणा की होली को देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग आते हैं

राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने होली पर्व पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि रंगों का पर्व होली आपसी मेल जोल और ख्रशियों का प्रतीक है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व हमें आपसी सद्भाव और भाईचारे की सीख देता है तथा जाति धर्म भाषा और क्षेत्रवाद की परिधि से अलग रखता है वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि होली का पर्व रंगों और हर्षोल्लास का त्योहार है

जलदाय विभाग ने सभी संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं को तय सीमा पर सप्लाई शुरू करने के निर्देश दिए है

संगीत संध्या की शुरूआत गुलाबो सपेरा पार्टी के घूमर नृत्य से हुई इसके बाद राधावल्लभ सक्सैना डॉ विजेन्द्र गौतम और प्रो सुमन यादव ने अपनी प्रस्तुतियां दी कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों सपेरा की प्रस्तृति रही गुलाबों और उनकी पार्टी द्वारा किए गए कालबेलिया नृत्य ने कार्यक्रम में समा बांध दिया

फायर ब्रिगेड के सूत्रों के अनुसार शहर के सहकारी मार्ग पर एक टावर की चौथी मंजिल पर स्थित इस रेस्त्रां में तड़के आग लगने की सूचना पर पुलिस और एक दर्जन से अधिक दमकलें मौके पर पहुंची वहां फंसे दो सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया